मतदान को लेकर आम लोगों में काफी उत्साह

मतदान मप्र प्रदेश की दो सौ तीस विधानसभा सीटों पर छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शान्तिपूर्ण चल रहा हैं मतदान की शुरुआत में सुबह लगभग सौ मतदान केन्द्रों पर ईवीएम खराब होने की शिकायतें मिलीं थीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कान्ताराव ने बताया है कि शुरुआती घण्टे में ही इन सभी ईवीएम को बदलकर दूसरी मशीनें लगा दी गई और मतदान सुचारू रूप से शुरू हो गया प्रदेश में पैसठ हजार तीन सौ इकतालीस पोलिंग बूथ बनाये गये हैं जिनमें सत्रह हजार संवेदनशील हैं शान्तिपूर्ण निर्वाचन के लिए राज्य पूलिस होमगार्ड के अलावा केन्द्रीय सुरक्षा बलों की छह सौ पचास कंपनियों सहित करीब एक लाख अस्सी हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किये गये हैं संवेदनशील केन्द्रों पर न केवल सीसीटीवी कैमरो द्वारा भी नजर रखी जा रही है बल्कि छह हजार से ज्यादा मतदान केन्द्रो पर वैबकास्टिंग की जा रही है

खण्डवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की चारो विधानसभा क्षेत्रों में मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में दोपहर एक बजे तक लगभग अड़तीस प्रतिशत मतदान हो चुका है विदिशा में भी मतदान केन्द्रो पर लंबी लंबी कतारे देखी जा रही हैं वहीं चालीस ऐसे केन्द्र भी बनाये गये हैं जो पूरी तरह क्यूलेस हैं यहां मतदाताओं को प्रतीक्षा करने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं इसी तरह बुरहानपुर में करीब छियालीस फीसदी दतिया में छत्तीस डिण्डौरी में तीस नीमच में पैतालीस झाबुआ जिले में बारह बजे तक छत्तीस प्रतिशत सिवनी में एक बजे तक इकतालीस प्रतिशत शिवपुरी में चालीस शाजापुर में इक्यावन श्योपुर में पैतालीस भिण्ड में बारह बजे तक बत्तीस हरदा में अड़तीस देवास में बयालीस रीवा में बारह बजे तक इकत्तीस छिन्दवाड़ा में तीस शहडोल में तैंतीस प्रतिशत मतदान होने की खबर है वहीं आगर मालवा जिले में दोपहर बारह बजे तक चवालीस प्रतिशत मतदान होने की खबर है रायसेन छतरपुर मुरैना राजगढ अनूपपुर धार सहित सभी जिलों से मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह के समाचार मिले हैं

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह बुदनी विघानसभा क्षेत्र के अपने पैतृक गांव जैत में सपरिवार मतदान किया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह विजय शाह नरोत्तम मिश्रा के साथ साथ प्रदेश मंत्रिमण्डल के कई सदस्यों ने सबसे पहले मतदान करना उचित समझा प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीद्वारों के भी सुबह सुबह मतदान करने की खबरें मिलीं हैं

चुनाव ड्यूटी के दौरान इंदौर शहर में निर्वाचन कार्य में लगे एक पीठासीन अधिकारी सहित दो चुनाव कर्मियों की आज हृदयाघात के कारण मृत्यु हो गयी वहीं गुना में भी एक कर्मचारी का निधन हो गया